कहा पूरी प्रक्रिया में बरती गयी पारदर्शिता

भाजपा के सुशील कुमार मोदी और एक निर्दलीय प्रत्याशी ने दाखिल किया है पर्चा

स्वस्थ होने की दर संतानवे दशमलव एक चार प्रतिशत बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

आयोग के प्रवक्ता ने कहा कि कुछ राजनीतिक दलों द्वरा लगाये गये आरोपों के बाद आयोग ने वीवीपैट की एक हजार दो सौ पन्द्रह पर्चियों की जांच करवाई पचियों को ईवीएम से मिलाने के लिए रेंडम आधार पर चुना गया था पर्चियों का मिलान ईवीएम से किया गया तो वे पूरी तरह सही पाये गये प्रवक्ता ने कहा कि पूरी प्रक्रिया में हर स्तर पर पारदर्शिता बरती गयी गौरतलब है कि राजद ने महागठबंधन के उन्नीस प्रत्याशियों की चुनाव आयोग को सूची सौंप कर मतों की गिनती में गड़बड़ी का आरोप लगाया था राज्यसभा की रिक्त हुई एक सीट के लिए हो रहे उपचुनाव में अब तक दो प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पर्चे दाखिल किये हैं भाजपा की ओर से सुशील कुमार मोदी ने जबकि निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में श्याम नंदन प्रसाद ने नामांकन पत्र भरा है आज नामांकन का अंतिम दिन है कल नामांकन पत्रों की जांच की जायेगी जबकि सात दिसम्बर तक अभ्यर्थी अपना नाम वापस ले सकते हैं आवश्यकता होने पर चौदह दिसम्बर को मतदान होगा गौरतलब है कि महागठबंधन की ओर से अब तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गयी है भारतीय जनता पार्टी ने उन सभी विधानसभा क्षेत्रों को गोद लेने का फैसला किया है जहां उनके चूने हये प्रतिनिधि नहीं हैं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने बताया कि पार्टी के विधायक और विधान पार्षद उन सभी एक उनहत्तर विधानसभा क्षेत्रों को गोद लेंगे जहां पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं है उन्होंने बताया कि इन क्षेत्रों में वे अपने स्तर से जन प्रतिनिधि की तरह जन समस्याओं के समाधान के लिए पहल करेंगे डॉक्टर जायसवाल ने बताया कि आज से पच्चीस दिसम्बर तक सभी दो सौ तैंतालीस विधानसभा क्षेत्रों में धन्यवाद यात्रा निकालेगी उन्होंने बताया कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भी भाजपा कार्यकर्ता गांव गांव जाकर चंदा एकत्र करेंगे राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद द्वारा भाजपा विधायक ललन पासवान को कथित रूप से फोन कर विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में अनुपस्थित रहने के लिए प्रलोभन दिये जाने के मामले में निगरानी जांच ब्यूरो ने कार्रवाई तेज कर दी है भाजपा विधायक द्वारा जारी आडियो क्लिप को हैदराबाद स्थित एफएसएल प्रयोगशाला भेजा गया है जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जायेगी दिल्ली उच्च न्यायालय ने तिहाड़ जेल में बंद सीवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन को तीन दिनों की कस्टडी पैरोल दी है न्यायालय ने सांसद को तीस दिनों में किसी भी तीन दिन छह छह घंटे अपने परिजनों से नियत स्थान पर मुलाकात की अनुमति दे दी है इस दौरान पुलिस को सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिये गये हैं प्रदेश में लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में तबलीगी जमात के सत्रह सदस्यों को पटना की एक विशेष अदालत ने सजा सुनाई सभी दोषियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया जिसके बाद विशेष न्यायाधीश माधुरी सिंह की अदालत ने सभी को कोर्ट अवधि तक कैद और ढ़ाई ढ़ाई हजार रूपये ज़र्माने की सजा सुनाई गौरतलब है कि लॉकडाउन में तेरह अप्रैल को कुर्जी और फुलवारीशरीफ मस्जिदों से कजाकिस्तान और किर्गिस्तान के सत्रह नागरिकों को गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया गया था प्रदेश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर दो लाख तीस हजार से अधिक हो गयी है स्वस्थ होने की दर संतानवे दशमलव एक चार प्रतिशत है स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस वैश्विक महामारी से अब तक एक हजार दो सौ चौहत्तर लोगों की मौत हो चुकी है जबकि वर्तमान में पांच हजार पांच सौ दो लोगों का राज्य के विभिन्न अस्पताल में उपचार चल रहा है इधर कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए विभाग ने अस्पतालों को आरटीपीसीआर और ट्रूनेट से जांच की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया है पटना के आरएमआरआई को प्रतिदिन छह हजार एक सौ पच्चीस जबकि आईजीआईएमएस को पांच हजार दो सौ पचहत्तर नमूनों की जांच का लक्ष्य दिया गया है वहीं पटना एम्स में अब प्रतिदिन दो हजार एक सौ पचहत्तर पीएमसीएच में एक हजार दो सौ पचास और एनएमसीएच में एक हजार तीन सौ पच्चीस नमूनों की जांच होगी राज्य सरकार ने प्रदेश में कोविड टीकाकरण को लेकर कार्य योजना को अंतिम रूप देने का काम शुरू कर दिया है राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने बताया कि सबसे पहले कोरोना वारियर्स को टीका दिया जायेगा उन्होंने बताया कि इसके लिए सभी जिलों के सिविल सर्जन को डाटा बेस तैयार करने का निर्देश दिये गये हैं केन्द्र सरकार और आंदोलन कर रहे किसानों के प्रतिनिधियों के बीच नई दिल्ली में आज चौथे दौर की बातचीत होगी मंगलवार को केन्द्र और किसानों के बीच वार्ता के तीसरे दौर में कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका था इस बीच कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है और कृषि विकास हमेशा मोदी सरकार की उच्च प्राथमिकता है नरेंद्र मोदी सरकार ने देश में कृषि क्षेत्र में परिवर्तन लाने और किसानों की आय दोगुना करने के लिए कई कदम उठाए हैं हमारे संवाददाता ने बताया कि सरकार ने इस दिशा में कृषि से संबंधित तीन नए कानून लागू किए हैं बाईट यह एक भ्रम है कि इन कृषि सुधार अधिनियम के लागू होने से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पादों की खरीद बंद हो जाएगी जबकि वास्तविक्ता यह है कि एमएसपी पर खरीद जारी रहेगी और किसान अपनी उपज को एमएसपी दर पर बेच सकते हैं सरकार ने पिछले पांच वर्षो में धान गेंहू दलहन तिलहन और कोपरा के लिए एमएसपी में पर्याप्त वृद्धि की है धान की फसल में सरकार ने पिछले पांच वर्षो में एमएसपी में दो दशमलव चार गुणा की वृद्धि की है

वहीं गेंहू के एमएसपी भुगतान में पिछले पांच वर्ष में एक दशमलव सात सात गुना की वृद्धि हुई

आनंद कुमार आकाशवाणी समाचार दिल्ली खरीफ के मौसम में इस बार प्रदेश के किसानों को सिंचाई के लिए राज्य सरकार की ओर से डीजल अनुदान नहीं दिया जा रहा है कृषि मंत्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि अब गांव गांव में बिजली पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और किसानों को सिंचाई के लिए डीजल की आवश्यकता नहीं है जिस कारण अनुदान नहीं दिया गया है बिहार राज्य प्रद्षण नियंत्रण बोर्ड ने राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के निर्देश पर पटना गया और मुजफ्फरपुर में प्रद्रषण फैलाने वाले बाईस प्रकार के उद्योगों की स्थापना पर रोक लगा दी है इन ओद्यौगिक इकाईयों में सीमेंट स्टोन क्रशर थर्मल पावर प्लांट और एसिड बैट्री जैसी इकाईयां शामिल हैं आदेश में कहा गया है कि चिन्हित ओद्यौगिक इकाईयों की स्थापना के लिए पहले बोर्ड से सहमति लेनी होगी राज्य सरकार ने अवैध खनन शराबबंदी कानून और परिवहन तथा भूमि संबंधी मामलों में हेरा फेरी करने वाले छह सौ चौवालीस पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की है पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी ब्योरे में कहा गया है कि इनमें भारतीय पुलिस सेवा के छह और बिहार पुलिस सेवा के बत्तीस अधिकारी भी शामिल हैं जनवरी महीने से अब तक पचासी पुलिसकर्मियों को सेवा से बर्खास्त किया जा चुका है वहीं पचपन पुलिस अधिकारियों को कठोर दंड और चार को लघू दंड दिया गया है जबकि कई पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई प्रस्तावित है राज्य सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत माध्यमिक स्तर से ही व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान लागू करने का निर्देश दिया है शिक्षा मंत्री अशोक कुमार चौधरी ने विभागीय समीक्षा बैठक के बाद अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिया उन्होंने राज्य के सरकारी स्कूलों में तैनात अक्षम शिक्षकों की पहचान करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने का भी अधिकारियों को निर्देश दिया बैठक में निजी विद्यालय प्रबंधन द्वारा विभिन्न मदों में लिये जाने वाले शुल्क की मनमानी पर अंकुश लगाने की कार्य योजना तैयार करने पर भी चर्चा हुई साथ ही दसवीं के छात्रों के लिए गणित और विज्ञान विषयों में क्रैश कोर्स शुरू करने पर भी सहमति बनी मौसम विभाग ने कल से प्रदेशभर में ठंड में और बढ़ोतरी की सम्भावना जतायी है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक अमित कुमार सिन्हा ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कनकनी बढ़ेगी और कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने सहायक प्राध्यापक की नियुक्ति के लिए आवेदन की अंतिम तिथि दस दिसम्बर तक बढ़ा दी है आयोग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि आवेदन की हार्ड कॉपी तीस दिसम्बर तक कार्यालय में स्पीड पोस्ट या निबंधित डाक के माध्यम से मिल जाना चाहिए देश के प्रथम राष्ट्रपति देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की एक सौ छियालीसवीं जयंती पूरे देश में समारोहपूर्वक मनायी जा रही है मुख्य समारोह पटना में राजभवन के राजेन्द्र चौक और बांस घाट स्थित उनके समाधि स्थल पर आयोजित होगा डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद के जन्म स्थान सीवान के जीरादेई में भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है राजेन्द्र बाबू के जन्म दिवस पर आयोजित होने वाले मेधा दिवस समारोह को इस बार कोरोना के कारण स्थगित कर दिया गया है सीबीआई की टीम ने जमालपुर स्थित रेल इंजन कारखाना में वर्ष दो हजार सत्रह में हुये चौंतीस करोड़ रूपये गबन की जांच शुरू कर दी है राजस्व ख़ुफिया निदेशालय की टीम ने मुजफ्फरपुर के मैठी टॉल प्लाजा के पास वाहन जांच के दौरान एक टैंकर से लगभग सात क्विंटल गांजा बरामद किया है बरामद गांजे का बाजार मूल्य लगभग एक करोड़ रूपये बताया जाता है परिवहन विभाग के चलंत दस्ता सिपाही के लिए पटना में चल रही शारीरिक दक्षता परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाले पन्द्रह अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है अरवल जिले के प्रसादी इंग्लिश गांव के पास एक कार के नहर में पलट जाने से आरकेस्ट्रा के चार कलाकारों की मौत हो गयी पूर्णिया जिला पुलिस ने भारी संख्या में हथियार के साथ अन्तर्राज्यीय हथियार तस्कर गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया है सारण जिले के नगर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने हथियार के बल पर एक व्यक्ति से एक लाख चालीस हजार रुपये लूट लिये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 हिन्दुस्तान ने लिखा है अंदोलनकारी किसानों की दो टूक सरकार संसद सत्र बुलाकर कृषि कानूनों को रद्द करे नहीं तो दिल्ली जाम कर देंगे

दैनिक भास्कर ने लिखा है चार सौ छत्तीस अंचल कार्यालयों में मॉडर्न रिकॉर्ड रूम तैयार यहां से ले पायेंगे जमीन के कागजात दैनिक आज और राष्ट्रीय सहारा ने कोविड संक्रमण से जुड़ी खबरों को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है

कहा पूरी प्रक्रिया में बरती गयी पारदर्शिता

भाजपा के सुशील कुमार मोदी और एक निर्दलीय प्रत्याशी ने दाखिल किया है पर्चा

स्वस्थ होने की दर संतानवे दशमलव एक चार प्रतिशत